विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन आज जल संसाधन विभाग की अनुदान मांग को मिली मंजूरी चर्चा के दौरान बिजली कटौती पर विधायकों ने जताई चिंता मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि अगर डीवीसी बिजली नहीं देती है तो राज्य सरकार डीवीसी को पानी और कोयला देना बंद कर देगी पोषण पखवाड़ा के तहत कुपोषण से लड़ने के लिए पष्चिमी सिंहभूम जिले के आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण लड्डू का वितरण राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याषी के रूप में दीपक प्रकाष ने आज विधानसभा सचिवालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया उन्होंने दो सेट में नामांकन भरा नामांकन के मौके पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सांसद अरूण सिंह संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल थे यूपीए ने कांग्रेस नेता षहजादा अनवर को दूसरे प्रत्याषी के रूप में उतारा है

इससे पहले यूपीए प्रत्याषी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो षिब्र सोरेन ने राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा भरा झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन आज भाजपा विधायकों के सदन से बहिर्गमन के बीच जल संसाधन विभाग के तेरह अरब इक्कीस करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांग को मंजूरी दी गई वहीं भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लिया प्रश्नोत्तरकाल के दौरान दामोदर घाटी निगम डीवीसी के कमांड एरिया में उत्पन्न बिजली संकट पर चिंता व्यक्त की गयी और सरकार से तुरंत पहल करे की अपील की गई

क्षेत्र के लोग अब भी अंधेरे में रहने को मजबूर है उन्होंने कहा कि डीवीसी द्वारा मनमानी की जा रही है संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि मामले पर सरकार ने संज्ञान लिया है और बहत जल्द स्थिति में सुधार हो जाएगा दामोदर वैली परियोजना कमांड सात जिलों में की जा रही बिजली कटौती की संकट पर मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि अगर डीवीसी बिजली कटौती बंद नहीं करती है तो राज्य सरकार डीवीसी को पानी और कोयला देना बंद कर देगी उन्होंने कहा कि डीवीसी का जेबीएनएल पर चार हजार नौ सौ पचपन करोड़ रुपये का बकाया है बकाया बिल भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में डीवीसी द्वारा चौबीस घंटे में बीस घंटे बिजली की कटौती की जा रही है जिस कारण सभी जिलों में पेयजल सुविधा भी प्रभावित हुई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नये कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें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 सभी व्यक्तियों को बार बार साब्न और पानी से पानी से हाथ धोना चाहिए अथवा अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलने चाहिए लोगों को खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह पर रूमाल या टिश्यू पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए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

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि बारह मार्च तक भारत में तिहत्तर लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने संक्रमण का फैलाव रोकने के व्यापक उपाय किए हैं बंदरगाहों हवाई अड्डों और सीमा क्रासिंग पर सतर्कता बढ़ाने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है गिरिडीह जिले में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का मामला सामने आया है इधर गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेष कुमार सिन्हा ने बताया कि संदिग्ध पाये जाने के कारण मरीज को रिम्स भेज दिया गया है इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा देवघर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें झारखंड गोवा महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक अभिषेक मंडल ने बताया कि पंद्रह दिवसीय यह कार्यक्रम पांच मार्च से शुरू हुआ है जो उन्नीस मार्च तक चलेगा

इनमें से एक सरोगेसी विनियमन विधेयक दो हजार उन्नीस है जिसे पिछले वर्ष जुलाई में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था इस विधेयक का उद्देश्य किराए की कोख की आड़ में चल रही अनैतिक गतिविधियों को रोकना किराए पर कोख के व्यावसायीकरण को रोकना और किराए पर कोख देने वाली माताओं और उससे होने वाले बच्चों के संभावित शोषण को रोकना है इसका उद्देश्य परोपकार की भावना से किराए पर कोख देना है न कि उसका व्यावसायिक उपयोग करना है मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले पांच दिनों तक राज्य में बारिष के आसार हैं मौसम विभाग के अनुसार मध्य झारखंड के जिलों में भारी बाषि की चेतावनी जारी की गई है साथ ही कहीं कहीं तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और वजपात के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है यह स्थिति बंगाल की खाड़ी में बने एंटीसाक्लोनिक सर्कुलेषन और पष्चिमी विक्षोम के कारण बनी हई है

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सिटीजन्स फाउंडेषन की ओर से रांची में आयोजित तीन दिवसीय सामुदायिक रेडियो जागरूकता कार्यषाला की शुरूआत हुई सीसीएल कैंपस द्वारा आज सीसीएल के लाल लाडली रथ को रवाना किया गया इस रथ के माध्यम से आईआईटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निषुल्क कोचिंग में नामांकन के लिए प्रेरित किया जा रहा है झारखंड राज्य पूर्व विधायक परिषद द्वारा इक्कीस मार्च को पूर्व विधायकों का एकदिवसीय सम्मेलन विधानसभा कांफ्रेंस हॉल में किया जायेगा लगातार हो रही बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे बोकारो के लोगों ने आज धनबाद बोकारो मुख्य पथ को केंदुआ पुल के पास जाम कर दिया